देशभर में एक करोड़ से अधिक लोग हुए स्वस्थ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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित होगा

तकनीकी प्रश्नों के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाला एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है

इधर झारखंड में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है पहले चरण में ढाई लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जायेगा टीके के भंडारण की व्यवस्था दुरूस्त कर ली गयी है रेफ़िजेरेटेड वैन के जरिये स्वास्थ्य केंद्रों तक टीका पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है

इनमें से लगभग साठ प्रतिशत रोगी होम आइसोलेशन में हैं

उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ को लिए एक दशमलव पांच किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को भारत के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है उन्होंने कहा कि पिछले पांच छह वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह उपलब्धि प्राप्त हुई है प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीनन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित दो कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है जो दर्शाता है कि देश आत्ममनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खण्ड हरियाणा और राजस्थान में पड़ता है इसमें नव निर्मित मालवाहक गलियारा के नौ स्टेशन हैं जिनमें तीन जंक्शन न्यू रेवाड़ी न्यू अटेली और न्यू फूलेरा हैं इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाडियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाडी मानेसर नारनौल फूलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा इससे काठूवास में निमौत कॉनकोर के कन्टेनर डिपो का भी बेहतर इस्तोमाल हो सकेगा यह माल गलियारा गुजरात में स्थित कन्डला पीपावाव मुंद्रा तथा दहेज बंदरगाहों से सामान की द्वलाई को भी आसान बना देगा इस रेलखंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे इस अवसर पर रेलमंत्री पीयूष गोयल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे

राज्यों को विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है देश के चार राज्यों में बर्ड फ़लू के संकमण की पुष्टि हुई है सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी राज्य में इस संकमण की पुष्टि होती है तो केंद्र को इसकी सूचना तुरंत दें इधर राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पश्पालन निदेशक को जमशेदपुर में कौओं की मौत की जांच का निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि चार कौओं की मृत्यु हुई है

जांच के बाद ही पता चल पायेगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या नहीं हालांकि एहतियात के तौर पर पूरे राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं

कल संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षो में इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति के एक करोड़ तीस लाख विद्यार्थी नामांकित किए जाएंगे श्री अठावले ने कहा कि मोदी सरकार प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के उन सौ विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना बना रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम है

इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसे विशेष उपाय सुझाए गए हैं जिनसे मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं कम होंगी

मानव और वन्यजीव संघर्ष से फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाना मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं

इस संबंध में संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात की और पंचायत विघटन के बाद आम जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा और कहा कि पंचायत विघटन के बाद गांव की सरकार की शक्तियां जब्त होते ही बिचौलिया संस्कृति हावी हो जायेगी मुखिया संघ ने राज्यपाल को कोविड महामारी काल में गांव की सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी संघ ने कहा कि आज स्वच्छ भारत अभियान में झारखंड पहले पायदान में है जिसका योगदान गांव की सरकार की है इस दौरान राज्यपाल ने मुखिया के हित में उचित कदम उठाने के लिए पहल करने का आश्वासन दिया

नयी नियमावली के अनुसार अब हर साल परीक्षा होगी

इस नियमावली में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को च्वाइस ऑफ सर्विस का भी विकल्प दिया गया है

भाषा पेपर का अंक केवल क्वालिफाइंग होगा

उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर भी खोलने का आग्रह किया है

जिस कारण बच्चों के पठन पाठन और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में भी कई बाधा उत्पन्न हुई है अब चरणबद्ध तरीके से कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी जाए कोरोना के घटते प्रभाव एवं राज्य सरकार के नियंत्रण के फलस्वरूप इन संस्थानों को खोलना आवश्यक है

मौके पर श्री कुमार ने सभी स्वस्थ व्यक्तियों से रक्तदान की अपील की अस्पताल के निदेशक जीएस राजू ने बताया कि जिले में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए अस्पताल अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है

झारखंड विधानसभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य अमित कुमार मंडल ने कल रामगढ़ जिले का दौरा किया दौरे के कम में सभापति सदस्य और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यो की समीक्षा की बैठक के समिति ने पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं ससमय योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया बैठक में विधायक ने प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों को समिति के समक्ष रखा बैठक के दूसरे चरण में समिति ने स्वास्थ्य समाज कल्याण विद्युत आरईओ शिक्षा जेसेसलपीएस भवन निर्माण श्रम नियोजन के कार्यों की भी समीक्षा की

यह बदलाव दक्षिण अरब सागर और हिंद महासागर में साईक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण हुआ है

इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी

सुबह हल्का कोहरा रहेगा और दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जायेगा और अब संक्षिप्त खबरें प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड को नया जोन घोषित किया है इससे पूर्व बिहार स्थित कार्यालय के क्षेत्राधिकार में झारखंड था झारखंड को नया जोन बनाने से रांची स्थित कार्यालय की मॉनिटरिंग और नियंत्रण दिल्ली मुख्यालय से होगी झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है